सक्रिय मामले भी कम हए

भारत बंद प्रदेश क्छ किसान संगठनों दवारा नये कृषि कानूनों के विरोध में बुलाए गये भारत बंद के आहवान का प्रदेश में कोई भी असर नहीं देखा गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी भोपाल समेत सभी जिलों में बाजार ख्ले रहे और परिवहन सेवा जारी रही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 उमरिया जिले में भारत बंद बेअसर है और बाजार पूर्व की तरह ख्ले वहीं छिंदवाड़ा म्रैना सीहोर जिले में भी बंद का कोई असर नहीं देखा गया उधर जबलपुर से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि केंद्र सरकार दवारा लागू किए गए नए किसान बिल के विरोध में चल रहे किसानों के देशव्यापी आंदोलन का असर नहीं दिख रहा है सुबह नौ बजे से दुकानें अपने तय समय के अन्सार ख्लीं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 अशोकनगर मे भी रोजाना की तरह किसान कृषि मंडी में उपज की बिक्री के लिए पहंचे

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल इन कानूनों को लेकर किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुददे पर राजनीति कर रहा है श्री जावड़ेकर ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में है उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी डीएमके और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं क्योंकि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अन्बंध पर खेती का कानून बनाया था श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी कृषि से संबंधित कानून लाने का उल्लेख किया था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

श्री वर्मा ने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क पहनने सहित अन्य सावधानियां बरतने की अपील की है

डॉ चौधरी ने अस्पताल के बच्चा वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों सहित विभिन्न वार्डो में भर्ती मरीजों से अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य स्विधाओं की जानकारी प्राप्त की उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं में ढिलाई बरतने पर जिला म्ख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश पाण्डे और सिविल सर्जन डॉ व्हीएस वारिया को मौके से ही अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को फोन कर त्रंत हटाने के निर्देश दिये डॉ चौधरी ने कहा कि बच्चों के इलाज और अस्पताल की व्यवस्थाओं में ढिलाई और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी